उन्होंने अधिकारियों को नियमित रुप से लोकलेखा समिति के सदस्यों और राज्य के महालेखाकार के साथ संपर्क बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा करने से लेखा मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ियों से बचा जा सकेगा साथ ही राज्य का वित्तीय प्रबंधन नियमानूसार संचालित हो सकेगा उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे एक बेहतर वित्तीय प्रशासन के लिए लगातार प्रयास केरें साथ ही ऑडिट से जुड़ी आपत्तियों को इस वर्ष हर हाल में दूर कर लें राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को जो भी वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है वो वास्तव में कर दाताओं की गाढ़ी कमाई है जिसका ईस्तेमाल पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए समीक्षा बैठक को विधानसभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगतेलोकलेखा समिति के अध्यक्ष निनोंग इरिंग़ सहित अनेक अधिकारियों ने संबोधित किया

पीठ ने इस बारे में असम सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है न्यायालय की यह टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के तर्क के बाद आई जिसमें श्री सिब्बल ने राज्य के एन आर सी समन्वयक हितेश देव सरमा के कथित बयान का उल्लेख किया था असम में एन आर सी के बारे में कइ याचिकाएं दाखिल कि गई हैं पीठ ने इन याचिकाओं पर केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है पीठ ने एक और याचिका पर सुनवाई की जिसमें कहा गया है कि करीब साठ बच्चे एन आर सी से बाहर कर दिए गये है लेकिन उनके अभिभावकों को एन आर सी के जरिये नागरिकता दे दी गई

राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित सी दोन्यी ग्राउंड में आयोजित सी दोन्यी उत्सव समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया

इस मौके पर विधायक जिके ताको भी मौजूद थे उत्सव समारोह के दौरा स्थानीय टोलियों ने लोकनृत्य प्रस्तुत किया इधर अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो दुंपोरिजो तालिहा नाचो और कई अन्य स्थानों पर आयोजित सी दोन्यी उत्सव समारोह में बड़ी संख्या में पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित स्थानीय लोग हिस्सा ले रहे हैं लोग एक दूसरे को सी दोन्यी की शुभकामनाएं देते हुए सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए देखे गए

पासीघाट आउटडोर स्टेडियम में आज खेले गए फाईनल मैच में कुरुंग कुमे ने अतिरिक्त समय में पेनाल्टी किक के आधार पर जीत दर्ज की गौरतलब है कि कल भारी बारिश के चलते दोनों टीमों के बीच खेले जा रहे फाईनल मैच को रद्द कर दिया गया था प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता के फाईनल राउंड में राज्य की चौदह टीमों ने हिस्सा लिया